प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आज प्रतिष्ठित सिओल शांति प्रस्कार प्रदान किया यह प्रस्कार उनहें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भागीदारी व वैश्विवक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिये दिया गया है

समागम में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित एक लघ् फिल्म भी दिखाई गई

प्रधानमंत्री ने ये प्रस्कार भारत के एक अरब तीस करोड लोगों को समर्पित किया हरियाणा के कृषि ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि मेरी फसल मेरा ब्योरा जैसे पोर्टल में किसानों के बारे सही जानकारी ज्टाने से किसानों का ही फायदा हो रहा है

श्री धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस के लोग और विधायक नहीं चाहते कि सही किसानों तक फायदा पहंचे

उन्होंने कहा िक कांग्रस के विधायक द्वारा बिहार से धान हरियाणा में बिकने की शिकायत किसानों का ब्यौरा मिलने से ठीक हो जायेगी पर्व मुख्यमंत्री भुपेन्द्र सिंह हडडा द्वारा यह सवाल उठाये जाने पर कि जो गरीब ठेके पर ज़मीन लेकर कृषि करते है उकनी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी तो श्री धनखड़ ने कहा कि अग कोई किसान द्सरे की ज़मीन दो रहा है तो उसका विकल्प भी पोर्टल पर दिया गया है उन्होंने कहा कि भावांतर भरपाई योजना से भी किसानों को लाभ ही ह्आ है

उन्होंने बताया कि किसानों को दो फसलों चाहे गेहं व धान हो अथवा सरसो या बाजरा पांच हजार रूपये से बारह हजार रूपये प्रति एकड़ की आय स्निश्चित हो गई है

श्री धनखड़ ने कहा कि चौवन मंडियों में ई मंडी बनाया गया है पैंतालिस लाख इक्कीस हजार मृदा कार्ड वितरित किये गये है और सब्जियों के लिये भावांतर भरपाई योजना लोग की गई है

उन्होंने जाकिर हसैन दवारा मेवात में विश्वविद्यालय बनाने की जोरदार मांगपर भूमि मिलने पर विचार करने का भरोसा दिया शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ग्णवतापरक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है उन्होंने बताया कि मेवता और मोरनी क्षेत्र में स्कूलों को अपग्रेड करने के मामले में छूट भी दी जा रही है ताकि पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े रहे इन क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके

श्री शर्मा आज हरियाणा विधानसभा में एक विधायक द्वारा पूछे गये सवाल का जवाब दे रहे थे

उन्होंने बताया कि छात्रवृति को आधारकार्ड से जोड़ा जा रहा है ताकि कार्य में तेज़ी व पारदर्शिता आ सके उन्होंने बताया कि कृछ विदयार्थियों को आधार कार्ड को लिंक करने में आई कठनाई के चलते उनकी छात्रवृति उनके खाते मे नहीं जा सकी अब यह कार्य पूरा हो जायेगा

कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने भी म्द्दे में शामिल होते हये कहा कि सरकार को हड़ताली कर्मचारियों से बात करनी चाहिए शून्य काल के दौरान ही बल्वान सिह दौलतपुरिया ने बीते दिनों तूफान से छते उड़ने और लोगों के घायल होने का मामल भी उठाय पलवल के गांवों में भी बवंडर से काफी न्कसान हआ है लोगों को म्आवजा मिलना चाहिये

हरियाणा में शून्य काल के दौरान ज़मीनोंके एक ही तहसील एक ही गांव में अलग अलग कलैक्टर रेट होने का मुददा भी उठा इनैलो विधायक परमिंदर सिंह प्ल ने कहा कि ज्लाना हलके के इस कारण भेदभाव हो रहा है

अन्य कई विधायकों द्वारा यह म्द्दा उठाये जाने पर राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि मुआवजे का आधार कलेक्टर रेट है और उपायुक्त कलैक्टर रेट तय करता है और एक महीना पब्लिक डोमेन में भी रखता है ताकि लोग अपना ऐतराज दे सके उस समय यह ऐतराज देने चाहिए ये कोई नया सिलसिला नहीं है श्रू से ही चला आ रहा है